एयरपोर्ट पर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रपति की आगवानी की राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद श्री कोविंद पहली बार गोरखपुर आए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज शाम सर्किट हाउस में गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे गोरखपुर पहुंचकर राष्ट्रपति सर्किट हाउस पर शहर के कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे कल वो गोरखनाथ मंदिर जाएगे जहां वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरू ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को श्रद्दांजलि अर्पित करेंगे बाद में श्री कोविंद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह में भाग लेंगे और कुछ छात्रों को प्रमाणपत्र वितरित करेंगे राष्ट्रपति के दौरे के मदेनजर शहर में सुरक्षा के कड़े प्रदंध किये गये हैं आसपास के जनपदों से अतिरिक्त बलों को बुलाया गया है मुलतान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार गोरखपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के संस्थापक सदस्य के नाते इसकी एकजुटता के लिए प्रतिबद्वता व्यक्त की है सार्क का कल चौंतीसवां घोषणापत्र दिवस मनाया गया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सार्क ने पिछले तीन दशक के दौरान प्रगति की है प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और हर प्रकार के आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर के अपर पुलिस अधीक्षक रईस अख्तर का तबादला कर दिया है गाजियाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्रा को उनकी जगह पदस्थापित किया गया है तीन दिसंबर को कथित गौहत्या को लेकर बुलंदशहर में भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों का यह चौथा तबादला है इस हिंसा में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह और एक ग्रामीण युवक की मौत हो गई थी इस घटना के सिलसिले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनमें मामले का मुख्य संदिग्ध और सेना का जवान जीतेन्द्र मलिक उर्फ जीतू भी शामिल है जिसे सेना ने कल रात राज्य के विशेष कार्यबल को सौंप दिया संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होगा जो आठ जनवरी तक चलेगा लगभग एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में बीस बैठकें होगीं इस दौरान राज्यसभा में आठ और लोकसभा में पन्द्रह महत्वपूर्ण विघेयक पेश किए जाएंगे इस बीच सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी कल ही सर्वदलीय वैठक बुलाई है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भेंट करेंगी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह संसद का अंतिम पूर्ण सत्र होगा स्वच्छ गंगा मिशन में नवीन प्रौद्योगिकी और वित्तीय नवाचारों का प्रयोग किया जाएगा यह जानकारी कल नई दिल्ली में संपन्न हुए तीन दिवसीय भारत जल प्रभाव सम्मेलन के दौरान दी गई इस सम्मेलन में सोलह देशों के विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए देश में सभी स्टार्ट अप को सूचीबद्द करने की एक बड़ी पहल के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेवी ने आध्निक कारोबार को कई छूट देने की योजना बनाई है प्रस्तावित बदलावों में सेबी द्वारा बनाये गये सांस्थानिक व्यापार मंच को नवाचार संवर्द्धन मंच के रूप में नामित करना भी शामिल है सेवी ने इस वर्ष जून में स्टार्ट अप प्लेटफॉर्म की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया था इस समूह ने स्टार्ट अप निवेशकों बैंक कर्मियों और धन प्रबंधन प्रतिष्ठान सहित संबद्व पक्षों के साथ व्यापक परामर्श कर सेवी को अपनी रिपोर्ट पेश की थी केन्द्र सरकार ने सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ चिकित्सा उपकरणों को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में औषधि के रूप में शामिल कर लिया है इनमें नेब्यूलाइजर ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर शामिल हैं इस संशोधन के साथ ही अधिनियम में औषधि के रूप में शामिल चिकित्सा उपकरणों की संख्या तेईस से बढ़कर सत्ताईस हो गई है नये उपकरणों को सूची में शामिल करने से सरकार के लिए इन उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संभव होगा रामपुर में थाना शहजादनगर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरे के कारण आज सुबह ट्रक कार डीसीएम और ट्रैक्टर की आपस में भिड़न्त हो गई जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये दूर्घटना में कार जल गयी सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को बेहतर उपचार के लिए हायर सेन्टर रेफर कर दिया गया है